वे कल नई दिल्ली में खाद्य सुरक्षा मुद्दे पर राज्यों के खाद्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे रामविलास पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राशनकार्डो के अंतरण से लाभार्थियों खासकर प्रवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देश भर में आसानी से मिल सकेगा वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि निवेशकों को आकर्षित करने के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयास सराहनीय है उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से करोड़ों रुपये के निवेश का मार्ग प्रशस्त हआ है वीरेंद्र कंवर ने एक ब्यान में कहा है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद विपक्ष अपनी नाकारात्मक सोच से बाहर नहीं निकल पाया है और अब मुख्यमंत्री के प्रयासों को लेकर भी भ्रम पैदा कर रहा है उन्होंने कहा कि निवेश आने से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेगे और प्रदेश की आर्थिकी भी मजबूत होगी प्रशिक्षण शिविर सोलन जिले के बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में आज से राज्य स्तरीय सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है शिविर का मुख्य उददेश्य प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करना है कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा शिविर का शुभारंभ करेंगे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

लोग नमो ऐप और माइ गोव के माध्यम से अपने सुझाव साझा कर सकते हैं

ऐसे में रावी नदी में पानी का बहाव तेज रहेगा बांध के महाबप्रबंधक ने लोगों से इस दौरान नदी किनारे न जाने की अपील की है सम्मानित राज्य स्तरीय माता शूलिनी मेले में सफाई व्यवस्था चुस्त दुरूस्त रखने वाले सफाई कर्मचारियों को व्यापार मंडल सोलन ने कल एक समारोह में सम्मानित किया

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की मुंबई में निवेशकों के साथ हई बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण और दिव्य हिमाचल के अनुसार हिमाचल में निवेश करेंगे महिंद्रा व गोदरेज ग्रुप आपका फैसला ने लिखा है हिमाचल में पर्यटन व ऑटोमोबाइल में निवेश के लिए बेहतर वातावरण पंजाब केसरी और हिमाचल दस्तक के लगभग एक जैसे शब्द हैं टाटा महिंद्रा और गोदरेज हिमाचल में निवेश को तैयार ओवरलोडिंग और बसों की शॉर्टेज से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है ग्रामीण रूट मेन सड़कों से जुड़ेंगे इन पर चलाई जाएंगी टैक्सियां हिमाचल दस्तक का शीर्षक है अब हर कमर्शियल व्हीकल पर लगेगा ट्रैकिंग डिवाइस

दिव्य हिमाचल ने लिखा है पूरे साल में नशे का एक भी मामला न पकड़ने पर मैहतपुर चौकी प्रभारी सस्पैंड हिमाचल में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड की तैयारी शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है प्रस्ताव तैयार करने में जुटा उच्चतर शिक्षा निदेशालय अमर उजाला के अनुसार हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए भी अब ड्रेस कोड होगा लागू नई शिक्षा नीति लागू होने को दिव्य हिमाचल ने शीर्षक दिया है रूसा फिर लौटेगा सेमेस्टर की ओर दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है प्रदेश कांग्रेस में बड़े फेरबदल के आसार आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल में सेब पर स्कैब रोग का जबरदस्त हमला